खेल शरीर और बुद्धि को प्रखर करते हैं और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास किया करता है मुख्यमंत्री सीहोर जिले की नसरूल्लागंज तहसील के लाड़कुई गांव में आयोजित मिल बॉचें मध्यप्रदेश कार्यक्रम में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार स्कूल की छोटी से छोटी समस्याओं का समाधान करेगी संबल योजना के तहत गरीब बच्चों की प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की फीस भी राज्य सरकार ही भरगी है इसी तरह के आयोजन प्रदेश के अन्य जिलों में भी हुये रीवा में कमिश्नर महेशचंद्र चौधरी ने विद्यार्थियों से संवाद किया जबलपुर में ब्यौहार बाग कन्याशाला की छात्राओं से कलेक्टर छवि भारद्वाज रूबरू हुई सतना में कलेक्टर मुकेश शुक्ला बच्चों की क्लास में पहुंचें ग्वालियर में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बच्चों के साथ बैठकर उन्हें सफलता के मंत्र दिये पन्ना में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों की रोचक जानकारी दी गई वहीं विदिशा टीकमगढ़ शिवपुरी कटनी खंडवाधार खरगोनबड़वानी औररायसेन सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी मिल बॉचे मध्यप्रदेश कार्यक्रम के आयोजन के समाचार मिल रहे हैं अजय सिंह राज्य विघानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्रदेश के निजी स्कूलों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की है उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार निजी स्कूलों को गरीब बच्चों की फीस के रूप में जो राशि देती है उसका भुगतान तीन साल से नहीं हुआ है श्री सिंह ने कहा है कि सरकार की विसंगतिपूर्ण नीतियों के चलते प्रदेश की निजी शिक्षण संस्थायें आंदोलन करने को मजबूर हैं राष्ट्रीय पोषण माह प्रदेश में सितम्बर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जायेगा महिला बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस ने कहा है कि पोषण जागरूकता को जन आंदोलन बनाना समय की आवश्यकता है श्रीमती चिटनिस एक सितम्बर से शुरू होने वाले राष्ट्रीय पोषण माह के लिए बुरहानपुर से कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से बात कर रही थीं उन्होंने कहा कि खान पान को लेकर लोगों की सोच बदलने के लिये विभिन्न गतिविधियाँ संचालित करना जरूरी है इसीलिए जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी पर पोषण जागरूकता विस्तार कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे उन्होंने कहा कि थिंक ग्लोबल ईट लोकल की अवधारणा के अनुसार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सहज सुलभ और सस्ती पोषक खाद्य सामग्री रोजमर्रा के भोजन में शामिल करने के लिये जन सामान्य को प्रेरित करने की आवश्यकता है नेशनल लोक अदालत प्रदेश के विभिन्न जिलों में आठ सितम्बर को नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है इन अदालतों में बैंक रिकवरी संबंधी मामले मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा संबंधी प्रकरण वैवाहिक प्रकरण और दूसरे सभी तरह के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा लोक अदालत में जलकर सम्पतिकर और विद्युत से संबंधित मामलों में शासन के नियमानुसार छूट भी दी जायेगी जनआशीर्वाद यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की जनआशीर्वाद यात्रा एक और दो सितम्बर को सीघी सिंगरौली और शहडोल जिले की विधानसमाओं में पहुंचेगी

वहीं दो सितम्बर को रीवा जिले को चितरंगी में जनता को संबोधित करेंगे फसल पंजीयन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों की फसलों के पंजीयन का कार्य समय सीमा में पूरा किया जाये और पंजीयन की प्रक्रिया सरल और सुविधाजनक रहे जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो श्री चौहान आज भोपाल में स्टेट हैंगर पर फसल पंजीयन कार्य की राज्य स्तरीय समीक्षा कर रहे थे समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि फसल पंजीयन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं

मौसम प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी है राजधानी भोपाल में भी सुबह से रूक रूककर बारिश हो रही है

प्रदेश में इस साल मॉनसून के दौरान एक जून से तीस अगस्त तक चार जिलों में सामान्य से बीस प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है

सबसे ज्यादा बारिश उमरिया में और सबसे कम वर्षा अलीराजपुर में दर्ज की गई है

अपराधियों को पकड़ने के लिये पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई हैं